वे कल शिमला में उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आए उसे क्वारंटाईन सेंटर भेजा जाए और प्रदेश के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जाए जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से कोरोना वायरस के अति संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों के परीक्षण की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मामले आने के बाद यह क्षेत्र संभावित हॉट स्पॉट बन गया है और इस बारे में कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है इसके द्रष्टिगत जिले की सभी सीमाएं तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं जिले में आगामी आदेशों तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी कर्फ्यू में ढील की अवधि भी स्थगित कर दी गई है उन्होंने कहा कि लोगों को घरों के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उन्हें घर द्वार पर ही की जाएगी तीन पॉजिटिव प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है

इन संक्रमित मामलों में से दो हमीरपुर व एक चंबा का है

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधानों व पंचायत सचिवों को आदेश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति के बारे में सूचना देना जरूरी है अगर सूचना नहीं दी तो इनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए

पैंशन का भुगतान डाक विभाग के माध्यम से लाभार्थियों के घरद्वार पर किया जा रहा है मंडी ज़िले में जोगिंद्रनगर के पोस्टमास्टर हरीश शर्मा ने बताया कि विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लाभार्थियों को पैंशन दे रहे हैं

प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कल रात आंधी व तूफान के साथ हवाएं भी चलीं मौसम में आए इस बदलाव से किसान व बगावान चिंतित हैं गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है वहीं बर्फबारी से मटर की बिजाई का कार्य प्रभावित हुआ है उधर मनाली लेह मार्ग को खोलने के कार्य में भी बाधा आ रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के तीन नए पॉजिटिव मामले आने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में तीन और पॉजिटिव केस एक चंबा दो हमीरपुर के रहने वाले दैनिक जागरण का शीर्षक है हमीरपुर के दो व चंबा का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पंजाब केसरी के शब्द हैं हमीरपुर में दो व चम्बा में कोरोना का एक और मामला दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचल में कोरोना के तीन और मरीज दैनिक भास्कर ने लिखा है चम्बा में एक और युवक को कोरोना

दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है सीमावर्ती क्षेत्रों में परमिटधारकों की भी की जाए जांच वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं कोरोना नेगेटिव ही सीमावर्ती चेकपोस्ट से कर सकेंगे प्रवेश

पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी के हवाले से दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है संप्रदाय आधार पर भेदभाव हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई संजीवनी बन रहे हिमाचल के दवा उद्योगों की फूलीं सांसें दिव्य हिमाचल की एक खबर है मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी